आज दिल्ली हवाई अड्डे से सूबह पौने पांच बजे पुणे के लिए पहली हवाई उड़ान भरी गई इसी के साथ ही सबुह पौने आठ बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर अहमदाबाद से हवाई उड़ान पहंची

रवाना होते समय प्रवासी श्रमिकों ने हाथ हिलाकर ख्शी जाहिर करते हुए प्रशासन व हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी किया नोडल अधिकारी सतिन्द्र सिवाच ने बताया कि यह रेलगाड़ी बिहार के अन्य जिलों दरभंगा गोपालगंज मध्बनी पूर्णिया पश्चिमी चम्पारन पूर्वी चंपारन भी जायेगी उन्होंने यह भी बताया कि सभी प्रवासी श्रमिकों को गाड़ी पर बिठाने से पहले स्वास्थ्य जांच की गई और निश्ल्क टिकट मास्क सैनीटाईजर भोजन के पैकेट पानी की बोतले उपलब्ध करवाई गई वहीं उनके बच्चों को खिलौने बिस्क्ट के पैकेट भी दिये गये ताकि रास्ते में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े मुजफ्फरपुर भेजे गए प्रवासी श्रमिकों में अम्बाला के अलावा कैथल क्रूक्षेत्र जींद के श्रमिक शामिल हैं

वहीं यम्नानगर जिला प्रशासन द्वारा मणिप्र राज्य के रहने वाले पांच कामगारों को आज सरकारी बलैरो गाड़ी से रवाना किया स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई और प्रशासन द्वारा जाते समय उन्हें मास्क सैनेटाज़र व खाने का सामान भी उपलब्ध करवाया गया रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सासंद डॉ अरविंद शर्मा ने कहा है कि बहाद्रगढ़ से सांपला व दिल्ली के एम्स से झज्जर बाढ़सा व गुरूग्राम तक मेट्रों परियोजना हर हाल में पूरी कराई जायेगी

श्री शर्मा ने कहा कि एक साल के अंदर जो मुद्दे वे सदन के पटल पर रखेंगे उन्हें प्रा कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना से संक्रमित पाये गये यह सभी व्यक्ति कोरोना हॉट स्पॉट बापूधाम कालोनी से है

हरियाणा और चंडीगढ़ में आज ईद का त्योहार पुरी आस्था के साथ मनाया गया लोगो ने कोविड महामारी के कारण तालाबंदी के चलते नियमों की पालना करते हए घरों में ही रहकर नमाज पढ़ी घर रहकर ही सबको ईद की बधाई भी दी घरों में सेवाईयां व खीर भी बनाई गई अम्बाला में लोगों ने पुलिस कर्मियों के सथ ईद मनाई व उन्हें खरीद खिलाकर मुबारकबाद दी मौलाना जावेद ने कहा कि प्लिसकर्मी कोरोना महामारी के चलते हमारी सेवा में डटे हये है यही हमारे रिश्तेदार है इसलिए हमरे इसके साथ ईद मनाई मनाई हे

उधर यमुनानगर बूडिया जगाधरी रादौर बिलासप्र छछरौली इलाकों में भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हये मस्जिदों में पांच पांच म्सलमानों ने नमाज अता की हरियाणा के राज्पाल सत्यदेव नारायण आर्य और म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईद उल फित्तर के अवसर पर प्रदेशवासियों विशेषकर मुस्लिम सम्दाय को हार्दिक श्भकामनायें दी है चंडीगढ़ मे जारी एक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि यह त्यौहार भाईचारे और सदभावना का संचार करता है उप म्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने ईद पर अपनी श्भकामनायें देते हये कहा कि यह पर्व भाई चारे और आपसी सदभाव को मजबूत करता है केन्द्रीय जल शक्तिएवं समाज कल्याण राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने भी ईद के त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगो को हार्दिक शुभकामनायें दी है डॉ बनवारी लाल ने कहा कि यह त्यौहार मानवता को महोब्बत का संदेश देता है और हमारे समाज ताने बाने को मजबूत बनाता है

उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं लेकिन पंचायत स्तर पर इस बात का प्रचार किया जाना बहत जरूरी है कि लोग घर से बाहर निकलने के दौरान म्ंह पर मास्क अवश्य लगाएं हाथों को बार बार धोएं तथा सामाजिक दूरी बनाकर रखें प्रसिद्व हॉकी ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर का अंमि संस्कार आज चंडीगढ़ में प्रे सरकारी सम्मान के साथ कर दिया गया पंजाब के खेल व य्वा मामले मंत्री राणा गुरमीत ने उनके पार्थिव शरीर पर पृष्प चक्र अर्पित किया पंजाब प्लिस का ट्कड़ी ने सलामी दी बलबीर सिंह का आज स्बह मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था

राष्ट्रपति उप राष्ट्रपित प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर गहरा द्ख जताया है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि तीन बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता रहे पदमश्री बलबीर भारत के महान खिलाड़ियों में से एक थे उन्होंने कहा कि बलबीर सिंह सीनियर की विरासत आने वाली पीडियों के प्रेरित करती रहेगा उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू कहा कि प्रसिद्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह ने हॉकी मैं बेमिसाल प्राप्तियों से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बलबीर सिंह सीनियर को स्मरणीय प्रदर्शन के लिए सदैव याद किया जायेग

उन्होंने बलबीर सिंह सीनियर के परिवार और उनके प्रंशसकों के प्रति संवदेना व्यक्त की है